नडुडा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा कि केन्द्र सरकार ने लम्बे समय से वंचित गरीबों किसानों मजदरों और छोटे दकानदारों को मुख्यघारा में लाने के लिये कई निर्णय लिए हैं

आयुष्मान लोकसभा केन्दीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन आऱोग्य योजना आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या लगभग दस करोड़ हो गई है लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नो के जवाब में डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि राज्य अपने खर्च से इस योजना में और परिवारों को जोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं

वहीं एक अन्य प्रश्न के उत्तर में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोकसभा में बताया है कि उनका मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एनआरसीपी के अंतर्गत नदियों का प्रदूषण कम करने के लिए राज्यों के प्रयासों में सहायता करता है विभिन्न नदियों के किनारे बसे शहरों में प्रदूषण कम करने की योजनाओं के लिए समय समय पर राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं

मिलावट कार्यवाही स्वास्थ्य मंत्री तुलसी राम सिलावट ने कहा है कि दूध और दूध से बने पदार्थों और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी श्री सिलावट ने कल मंत्रालय में मुख्य सचिव श्री सुधि रजंन मोहन्ती की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कांफ्रेंस को सम्बोधित करते हुए कहा कि आवश्यक होने पर रासुका और जिला बदर की कार्यवाही की जाए मुख्य सचिव ने कहा कि निर्देश दिए कि खादय सामग्री के नमूने लेकर परीक्षण कराया जाये बैठक में बताया गया कि खादय सुरक्षा के लिये जबलपुर और ग्वालियर में प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा रही हैं महिला भागीदारी मध्यप्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य है जहाँ सिंचाई प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी अधिनियम के जरिये सुनिश्चित की गयी है जल उपमोक्ता क्षेत्रों में भू धारकों की पत्नियाँ जो भू धारक नही हैं को भी भू धारक मान्य किया गया है महिलाओं को कृषक संगठन के निर्वाचन में मताधिकार एवं चुनाव लड़ने का अधिकार देकर सशक्त बनाया गया है

ई टेंडरिंग राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों की ईओडब्ल्यू ने ई टेंडरिंग से संबंधित कथित घोटाले के सिलसिले में पूर्व मंत्री के निजी सचिव और ओएसडी को कल गिरफतार कर लिया जांच एजेंसी दोनों से पिछले कुछ दिनों से पूछताछ कर रही थी गिरफ़्तारी के बाद दोनों आरोपियों ने सीने में दर्द की शिकायत की जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है

श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किये हैं

कारगिल दिवस प्रदेश में कल कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गयी भोपाल में रवींद्र भवन में कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रम में रेरा अध्यक्ष अंटोनी डिसा ने कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देते कहा कि कारगिल युद्ध विपरीत और विषम परिस्थितियों में लड़ा गया था जहाँ दुश्मन सुरक्षित और हमारी सेना खूले क्षेत्र में थी देश की सेनाओं ने बड़े धैर्य और साहस से पराक्रम को अंजाम दिया और विजय प्राप्त की उन्होंने कारगिल युद्ध में शामिल रहे कर्नल सिमरन राय को पृष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया प्रसिद्ध लेखक फिल्मकार एवं इतिहासकार शिव कुणाल वर्मा ने कारगिल युद्ध के बारे में जानकारी दी कार्यक्रम में युद्ध पर आधारित डाक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया गया जिला सैनिक बोर्ड एवं भोपाल एक्स सर्विसेस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सैन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया इन्दौर जिले के मह में इस गौके पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोकसंपर्क ब्यूरों और एनसीसी द्वारा विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया इसमें भेरूलाल पाटीदार कॉलेज महू की प्राचार्या डॉ जुलियट ओमकार ने कैडिटों से सेना में सेवाए देने को लिए तत्पर रहने को कहा चुनाव नोटिस मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कल प्रदेश की विभिन्न लोकसभा सीटों से संबंधित चुनाव याचिकाओं पर नोटिस जारी किये हैं सीधी टीकमगढ शहडोल होशंगाबाद और सागर क्षेत्र के हारे हुए कांग्रेस प्रत्याशियों ने इन सीटों पर भाजपा उम्मीद्वारों की जीत को चुनौती देते हुए ये याचिकाएं लगाई हैं इनमें वीवीपैट पर्वियों और ईवीएम के मिलान में गड़बड़ी के साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है न्यायालय ने इन सीटों पर जीते हए उम्मीदवारों को नोटिस जारी किये हैं

कृषकों द्वारा अपनाई गई कृषि तकनीक उपज एवं उत्पादकता के आधार पर किसानों को पुरस्कृत किया जायेगा

राजधानी भोपाल में सुबह से ही रिमझिम बारिश शुरू हो गयी नीमच में भी रात से बारिश होने की खबर है राज्य के जबलपुर होशंगाबाद ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में लगभग सभी स्थानों पर और रीवा शहडोल सागर भोपाल उज्जैन और इंदौर सभागों में कहीं कहीं बारिश हुई

मौसम वैभाग ने आज उज्जैन भोपाल इंदौर ग्वालियर रीवा जबलपुर शहडोल और सागर संमागों के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है

उमरिया में बिना अनुमोदन के ढ़ाई करोड़ का भुगतान करने पर राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई के तत्कालीन महाप्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है खंडवा में कल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गौरीकृंज सभाग्रह में गायन प्रतियोगिता के लिए किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच ने स्वर परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

जंगली जानवर के तेंदुआ होने का संदेह जताया गया है